अतिथि अध्यापकों ने सरकार का आभार जताया है

भारत ने आज पाकिस्तान की भारतीय सेना के ठिकानों पर निशाना बनाने की कोशिश को नाकामयाव कर दिया और पाकिस्तान एयर फोर्स के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है नई दिल्ली में मीडिया को सम्बोधित करते हये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कल भारतीय हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी वाय्सेना के माध्यम से जवाब दिया पर भारत की उच्च स्तरीय तैयारी के चलते पड़ोसी देश का कोई प्रयत्न सफल नहीं हो सका उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जहाज आसमान से पाकिस्तान वाली तरफ गिरता देखा गया

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दावा किया है कि पायलट उनके कब्जे मे है सरकार इस सम्बधी तथ्यों की जांच कर रही है उधर विदेशमंत्री स्षमा स्वराज ने अमेरिका चीन सिंगाप्र बांगलादेश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है विदेश सचिव विजय गोखले ने भी पांच राष्ट्रों समेत दूसरे देशों के राजनायकों को घटनाक्रम की जानकारी दी है हरियाणा विधानसभा में सदन की कार्रवाई आज अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई बीस फरवरी को श्रू हये इस बजट सत्र में क्ल आठ बैठके हई और लोकमत के विभिन्न म्दृदों पर लगभग तीस घंटे चर्चा हई

उन्होंने उम्मीद जताई कि अगस्त में सदन की अगली बैठक होगी

इस विधेयक में तीन प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान है जिनमें पश् पंजीकरण प्राधिकरण पश् प्रमाणीकरण प्राधिकरण और पश् प्रजनन विनियामक प्राधिकरण शामिल है पश् प्रजनन विनियामक प्राधिककरण से पश् प्रजनन पश् वीर्य तथा भूणों के उत्पादन व संरक्षण भंडारण बिक्री तथा वितरण के लिये उपयोग किये जाने वाले परिसरों के पंजीकरण का प्रमाण लिये बिना कोई भी पश् प्रजनक क्रिया नहीं करेगा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधेयक के विरोध के बीच सदन को स्पष्ट किया कि इस विधेयक को लेकर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और पहले कानून के मुताबिक उपरोक्त इमारतों व अचल संपतियों की बिक्री व खरीद भी अवैध मानी जाती है और इस तरह से अन अपेक्षित परिणामों लाखों नागरिकों को आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे है इसलिये सर्वोचच न्यायालय के फैसले के बाद हडा के क्छ सैक्टरों और आवासीय कालोनियों को गिराने से बचाने के लिये संशोधन जरूरी है इस विधेयक मे पेड़ की कटाई के प्रभावी विनियमन का भी प्रभाव है

हरियाणा सेवा का अधिकार संशोधन विधेयक के माध्यम से स्निश्चित किया गया है कि राज्य आयोग या प्राधिकरण के किसी भी अध्यक्ष या सदस्य का वेतना हरियाणा सरकार के म्ख्यसचिव या प्रधानसचिव से अधिक न हो और अन्य सभी भते व स्विधा भी अधिक नहीं होनी चाहिए

इस विधेयक के अन्सार अतिथि अध्यापक सेवा निवृति की आय् तक विभाग में कार्य कर सकेंगे अतिथि शिक्षकों का समेकित मासिक मानदेय भी सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों के दिये गये मंहगाई भते के रूप में उसी के अनुपात मे प्रतिवर्ष जनवरी के पहले दिन और जुलाई के पहले दिन से बढ़ाया जायेगा ताकि मुद्रास्फीति पूरी तरह निष्प्रभावी रहे लेकिन ऐसा समेकित मानदेय विभाग के नियमित शिक्षकों को दिये गये न्यूनतम वेतनमाल से अधिक नहीं होगा शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने आज सदन में ये विधेयक पेश करते हये कहा कि उनकी सरकार ने अतिथि अध्यापकों के साथ किया बादा पूरा कर दिया है

सबसे ज्यादा खराबा भिवानी में हआ यमनानगर जींद हिसार व रोहतक भी ज्यादा प्रभावित रहे उन्होंने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भिवानी व चरखी दादरी के लिये भी पैसे जा च्केहै दो हजार चौबीस एकड़ में जलभराव के कारण अगली फसल की बिजाई भी नहीं पाई इसके लिये पांच हजार प्रतिएकड़ का मुआवजा दिया जा रहा है पानी निकालने के लिये अपना ट्रैक्टर इस्तेमाल करने वालों की अदायगी हो च्की है जींद के क्छ ट्रैक्टर की अदायगी शेष है उनका पैसा भी जल्द दे दिया जायेगा

इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हये स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसी अवधि में स्वाइन फ्लू से क्ल चौदह मृत्य् दर्ज की गई

उनक्वोंने कहा कि इस रोग का कोई स्थाई टीका उपलब्ध नहीं है क्योकिं विषाणू अपना स्वरूप बदल लेता है